मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा भाजपा को एग्जिट पोल के सर्वेक्षण के अनुरूप मिलेगा प्रचण्ड बहुमत लाहौल स्पिति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा खुला केलंग कुल्लू बस सेवा शुरू मतगणना लोकसभा और चार राज्यों आंध्र प्रदेश ओडीसा सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए डाले गए वोटों की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं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 परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है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 सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं मतगणना केन्द्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है

इस बीच उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से किन्ही पांच मतदान केन्द्रों का चयन कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके रतन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सभी मतगणना केन्द्रों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और आबाधित बिजली आपूर्ति का प्रबंध सुनिश्चित कर लिया गया है

गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी है मंत्रालय ने एक बयान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से स्ट्रॉगरूम तथा मतगणना केंद्रो की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने को कहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेष मीणा ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं इधर सोलन के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए है उन्होंने कहा कि मतों की गिनती का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पर्यवेक्षकों और राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों की मौजूदगी में किया जाएगा मतगणना शिमला बस सेवा शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले शिमला जिले के विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना धामी में होगी इसके मददेनजर मतगणना कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा का प्रावधान किया गया है पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी ने बताया कि कर्मचारियों के लिए ये बस सेवा ढली न्यू शिमला और पुराना बस अड्डा से धामी के लिए उपलब्ध होगी

नई दिल्ली से लौटने के बाद आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की चारों सीटों पर भी भाजपा के प्रत्याशी भारी मतों से विजय हासिल करेंगे मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को प्रदेश की जनता द्वारा मतदान में बढ़चढ़ कर भाग लेना भी रास नहीं आ रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा अभी से हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ना लोकतांत्रिक स्तर पर उनके अविश्वास को दर्शाता है

सतपाल सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ईवीएम के नाम पर विपक्षी दलों पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ईवीएम का विरोध देश की जनता के जनादेश का अनादर है सत्ती ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने कभी न कभी ईवीएम द्वारा हुए चुनावों में जीत हासिल की है और यदि उन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो इन दलों ने चुनाव जीतने पर सत्ता क्यों सम्भाली भेंट हिमाचल कैडर के लिए आबंटित किए गए पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर्ज़ के एक बैच ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की राज्यपाल ने इन चयनित उम्मीदवारों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पण ईमानदारी और देशभक्ति के साथ कार्य करने का आग्रह किया आचार्य देवव्रत ने कहा कि राष्ट्र को इनसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि भविष्य में यही मुख्य कार्यालयों का कार्यभार सम्भालेंगे मुख्य सचिव मुख्य सचिव बी के अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में खेल सचिव आरएस जुलानिया से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने शिमला जिले के शिलारू खेल प्रशिक्षण केन्द्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र के रूप में विकसित करने का आग्रह किया मुख्य सचिव ने कहा कि ये केन्द्र देश में सबसे ऊंचाई पर रिथत है और यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने से विदेशी खिलाड़ी भी इस केन्द्र में प्रशिक्षण लेना पसंद करेंगे

बाद में उन्होंने भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रहमण्यम से भेंट कर रूसा से संबंधित विभिन्न लम्बित मुद्दों पर चर्चा की

रोहतांग जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा खुलने के बाद आज केलंग कुल्लू बस सेवा आरंभ हो गई है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने केलंग से राज्य पथ परिवहन निगम की बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष नवम्बर माह में बर्फबारी के बाद से बस सेवा बंद कर दी गई थी